भारत के औषध महानियंत्रक ने आपात स्थिति में कोविड के दो टीकों भारतीय सीरम संस्थान के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है भारत के औषध महानियंत्रक वी जी सोमानी ने आज इन दोनों टीकों को अनुमति देने की घोषणा की औषध महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की

इसके अतिरिक्त संस्थान को देश में एक हजार छह सौ लोगों पर चरण दो और तीन के नैदानिक परीक्षण करने की भी अनुमति दी गई भारतीय सीरम संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडर प्रनावाला ने कहा है कि कुछ ही सप्ताह में इस वैक्सीन का प्रयोग शुरू हो जाएगा उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड सुरक्षित और कारगर है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बॉयोटेक की वैक्सीन को मंजुरी मिलने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी टवीट संदेश में उन्होंने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हए कहा कि कोरोना के विरूद्व संघर्ष में यह एक निर्णायक मोड है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी दो वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के योगदान का पता चलता है श्री मोदी ने कहा कि यह समय देश को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में चिकित्सकों चिकित्सा कर्मियों वैज्ञानिकों पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति एक बार फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करने का है

इधर कोविड वैक्सिन को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जिन दो टीकों के आपात उपयोग को मंजूरी दी गई है वे अपने देश में ही विकसित किए गए हैं यह हम सब के लिए गर्व की बात है उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि भारत में बनी वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के स्वप्न को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड वैक्सीन के वितरण के लिए सभी तैयारियां कर रहा है झारखण्ड सहित अन्य राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों और संबद्ध पक्षों के साथ मिलकर वैक्सीन के वितरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है

प्रत्येक जिले में कम से कम तीन स्थानों पर प्रर्वभ्यास किया गया जिनमें जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज निजी स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण या शहरी संपर्क स्थल शामिल थे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को विन सॉप्टवेयर का विकास भी कर रहा है जो वैक्सीन के स्टॉक भंडारण तापमान और टीके के लाभार्थियों की पहचान के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करेगा यह सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा इसके जरिये पूर्व पंजीकृत लाभार्थियों के लिए स्वचालित सत्र आवंटित किये जा सकेंगे देश भर में कोविड वैक्सीन का अंतिम छोर तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए तापमान नियंत्रित वातावरण की व्यवस्था की गई है कोविड टीकाकरण अमियान शुरू करने के लिए सीरिंज और अन्य साजो सामान की पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच जनवरी को सवेरे ग्यारह बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलूरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे यह आयोजन वन नेशन वन गैस ग्रिड की दिशा में किया गया एक पहल होगा

इससे एर्नाक्लम त्रिशूर पालक्कड़ मल्लापुरम कोझीकोड कण्णूर और कासरगोड जिलों से होते हुए केरल के कोच्चि में तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी रेग्युलेशन टर्मिनल से प्राकृतिक गैस परिवहन किया जाएगा

राज्य में स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव छह नौ प्रतिशत पहुंच गई है वहीं राज्य में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर सोलह सौ चौबीस हो गयी है

कोरोना काल के नौ महीने बाद कल रांची लोहरदगा ट्रेन पटरी पर चलायी गयी इस दौरान ट्रेन चलाने से लेकर टिकट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई थी पहले दिन रांची से लगभग सौ यात्रियों ने सफर किया सांसद संजय सेठ ने महिला कर्मचारियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया रांची रेल मंडल से कल रांची लोहरदगा ट्रेन परिचालन के साथ हटिया टाटा पैसेंजर और हटिया राउरकेला पैसेंजर का परिचालन भी शुरू हुआ रांची रेलमंडल के डीआरएम नीरज अंबष्ट ने कहा है कि आने वाले दिनों में पांच अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जायेगा चतरा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी के कार्यो का निष्पादन के लिए प्रोजेक्ट मोनीटरिंग यूनिट का गठन किया गया है यूनिट के गठन के लिए निविदा में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया प्रसार भारती के दूरदर्शन और आकाशवाणी में चल रहे सभी डिजिटल चैनलों ने दो हजार बीस में सौ प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि दर्शायी है इस दौरान एक अरब से अधिक डिजिटल दृश्य और छह अरब डिजिटल मिनट से अधिक का प्रसारण हुआ है

डीडी स्पोर्ट्स और आकाशवाणी स्पोर्ट्स ने इस दौरान सीधे डिजिटल प्रसारण किये हैं

चतरा जिले के किसान घोषणा के अनुरूप सुखाड़ और आपदा राहत की राशि का भूगतान नहीं होने से आक्रोशित हैं

लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह आवंटित राशि लैप्स होकर वापस चली गई जबकि किसानों द्वारा इस मामले को लेकर कई बार अधिकारियों से संपर्क किया गया हंटरगंज प्रखंड के किसान आवंटित राशि के वापस चले के लिए अंचलाधिकारी को जिम्मेदार मानते हैं किसानों ने जिला प्रशासन से सुखाड राहत के लिए आवंटित राशि का भूगतान करने की गृहार लगाई है इस मामले में चतरा उपायुक्त दिव्यांश झा ने कहा कि सभी प्रखंडों से रिपोर्ट मंगवा ली गई हैं और उसे सरकार के पास भेजी जा रही है

कल देर रात कड़ाई से पूछताछ के के दौरान उसकी असलियत सामने आई तब ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट की

इधर इचाक थाना प्रभारी देवेन्द्र कमार ने बताया कि ठंगी करने के आरोप में युवक को हिरासत में लिया गया है पुलिस मामले की जांच कर रही है गोड्डा जिले की महागामा थाना पुलिस ने सरबंगा पंचायत के झगरुआ गांव के खेत से एक युवती की लाश बरामद की है पुलिस के अनुसार युवती की उम्र करीब सोलह साल है और वह गोकला गांव की रहने वाली है पुलिस ने बताया कि युवती के पिता बाहर किसी शहर में कमाने गए हैं महागामा थाना की पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी है

चंपा चौड़े नाम की ग्राम प्रधान का शव अपने बहनोई के आंगन से रात में बरामद किया गया पुलिस मामले की जांच कर रही है झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मनायी गई कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के कचहरी परिसर स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में किया गया स्टेडियम परिसर स्थित जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और झारखंड आंदोलन के त्याग तथा बलिदान के मूल्यों के अनुरूप झारखंड को गढ़ने का संकल्प लिया गया कार्यक्रम में पांच फरवरी को रणविजय नाथ शहदेव की जयंती को झारखंड आंदोलनकारी संस्कृति दिवस मनाने की घोषणा की गई